आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि नेई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहृत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महीने के शरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चनौती में देशभर से युवाओं ने बहत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया इसमें लगभग सात हजार प्रविष्ठियां प्राप्त हुई जिनमें से दो तिहाई ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करने की अपील की उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से भिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की नरेंद्र मोदी ने गुरूदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर को भी याद किया जिन्होंने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बालमन में रचनात्मकता को बढ़ावा दें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है इसमें खेल खेल में सीखने खिलौना बनाना सीखने और खिलौनों के कारखानों का दौरा करने को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है प्रधानमंत्री ने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की उन्होंने कहा कि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है निशंक इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील को देखते हए स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा उन्होंने कहा है कि कला उत्सव में स्वदेशी खिलौना निर्माण की शुरूआत की जाएगी ताकि विद्यार्थी कई तरह के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और उनके विकास के लिए प्रोत्साहित हों डॉ निशंक ने कला उत्सव में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए कठपुतली कला प्रदर्शन शुरू करने की भी अपील की

इनमें मास्क लगाना सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा

ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा

वन मंत्री वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि शिमला में वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय पहली अक्तूबर से कार्य करना शरू कर देगा

वन मंत्री ने चिनार का पौधा लगाकर वन महोत्सव का शुभारम्भ भी किया

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज मॉनसून की तेज वर्षा हुई इस वर्षा से नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है इसके अलावा दो व तीन सितम्बर को राज्य के निचले व मध्यम इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है